आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार परम्परागत ढंग से हर्शोल्लास के साथ मनाया गया

भापथ ग्रहण श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखण्ड के सातवें राज्यपाल के रूप में भापथ ली

शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर नवनियुक्त राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो न्यू इंडिया का सपना देखा है उसके लिए न्यू उत्तराखंड बनाया जाना है जो देश के विकास में अपना योगदान दे सके

कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने किया आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी ने श्री कृष्ण कांत पॉल की जगह ली है जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर कड़ी सजा का प्रावधान जोड़ा है श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है केरल में आई बाढ़ की विभीशिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश संकट की घड़ी में केरल और बाढ़ प्रभावित अन्य इलाकों के लोगों के साथ खड़ा है

इस संशोधन से भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए

प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे ज़रूर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा आज संस्कृत दिवस का ध्यान दिलाते हुए श्री मोदी ने संस्कृत की महान धरोहर को सहेजने और संवारने से जुड़े उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो आम जन तक इसे पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं बग्वाल चम्पावत जिले के माँ बाराही धाम देवीध्रा मेले में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का मुख्य पर्व बग्वाल आज खेला गया चार खाम सांत तोक के लोगों ने फल और फूलों से बग्वाल खेली

इससे पूर्व सुबह से माता के दर्शन पूजन और बग्वाल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग बसों जीपों और निजी वाहनों से पहुंचे दोपहर बाद चार खाम के बग्वाली वीरों के मन्दिर में पहुँचते ही बग्वाल भा्रू हुई इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा राज्य मन्त्री अजय टम्टा उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत विभिन्न विधायकों के साथ ही जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद थे मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी की थी मेले को शांति पूर्वक सम्पन्न करने के लिए पुलिस पीएसी राजस्व पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की गई थी

इन जन औशधि केंद्रों पर मंहगी जीवनरक्षक दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती हैं

जन औशधि केंद्र से अकसर दवाईयां खरीदने वाले प्रदीप मलासी मानते हैं कि सरकार की ये पहल सराहनीय है

जन औशधि केंद्र का लाभ उठा रहीं मंजू बिश्ट का कहना है कि गरीब लोग दवाइयों की कीमत अधिक होने के कारण ईलाज बीच में ही छोड़ देते थे लेकिन जन औशधि केंद्रों की वजह से गरीब लोग भी पूरा ईलाज करवा पा रहे हैं

केंद्र सरकार की ये योजना खासतौर पर गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक साबित हो रही है जन औशधि केंद्रों के माध्यम से मंहगी दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है रक्षाबंधन देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार परम्परागत ढंग से हर्शोल्लास के साथ मनाया गया

जहां एक तरफ द्रकानों में रौनक लगी रही वहीं लोगों को जाम की समस्या से भी रू ब रू होना पड़ा रक्षाबंधन के मौके पर आज बहनों ने भाईयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी दीर्घआयु की कामना की

रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न स्थानो से बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को रक्षा सूत्र बांधा रक्षा बन्धन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आने वाला रक्षा बंधन पर्व भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम पर्वो में से एक है उन्होंने कहा कि यह पर्व न सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है बल्कि ये त्यौहार समाज में महिलाओं के महत्व और गरिमा को भी रेखांकित करता है उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को नारी सशक्तिकरण के साथ साथ बालिकाओं के समग्र कल्याण और विकास का संकल्प लेना चाहिये